इस बारे में जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है वहीं सतर्कता बरतने की हिदायत भी दी जा रही है प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिये गये हैं

यहां एक और कोरोना संदिग्ध मिलने की खबर है

इस वायरस से चार लोगों की मौत हुई है

इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान परिहवन शिक्षण संस्थान और कार्यालय बंद रहेंगे

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कल सुबह चार बजे से पहले रवाना हुई रेलगाडियों को ही अपने गन्तव्य पर पहॅचने दिया जायेगा

बैंक अपील कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर बैंकिग लॉबी इंडियन बैक्स एसोसिएशन आईबीए ने लोगों से मुद्रा को छने या गिनने के बाद अपने हाथ धोने की अपील की है आईबीए ने ग्राहकों से अपना लेनदेन करने के लिए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिग चैनलों का उपयोग करने और बैंक शाखाओं में जाने से बचने के लिए भी कहा है उसने कहा कि ग्राहक बैंकों में तभी जायेंए जब यह उनके लिए बहुत जरूरी हो उसने बैंकों को ऋण देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करने की सलाह दी है आईबीए ने एक अभियान कोरोना से डरोनां डिजिटल कोरोना की शुरूआत की है

राज्यपाल ने कहा है कि कर्मचारियों की उपस्थिति की वैकल्पिक व्यवस्था करें कुल कर्मचारियों के आधे को पहले दिन और शेष दूसरे को दूसरे दिन रोस्टर के आधार पर कार्यालय में उपस्थित होने की व्यवस्था की जाये